श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें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

प्रधानमंत्री नरेन द्र मोदी ने आज देश में कोविड से संबंधित स्थिति की व्यापक समीक्षा की इस दौरान उन्हें विभिन्न राज्यों और जिलों में कोविड की स्थिति के बारे में बताया गया

उन्हें उन जिलों के बारे में भी बताया गया जहां महामारी का ज्यादा प्रकोप है इसके साथ ही प्रधानमंत्री को राज्यों द्वारा बढ़ाए गए चिकित्सा ढांचे के बारे में बताया गया प्रधानमंत्री श्री मोदी ने राज्यों में चिकित्सा संबंधी बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दिया

श्री मोदी ने दवाओं की उपलब्धता की भी समीक्षा की उन्हें रेमडेसिविर सहित दवाओं का तेजी से उत्पादन बढ़ाने के बारे में भी बताया गया वहीं प्रधानमंत्री ने टीकों के बारे में प्र गति और अगले दो महीनों में इनका उत्पादन बढ़ाने के रोड मैप की भी समीक्षा की

भारत सरकार कोविड महामारी की रोकथाम में राज्यों और केन द्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर हर संभव उपाय कर रही है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सशस्त्र बल और रक्षा मंत्रालय के अन्य संगठन कोविड महामारी के दौरान लोगों की मदद करने में लगे हैं उन्होंने बताया कि देश के विभिन्न सेना अस्पतालों में सात सौ पचास बिस्तर असैनिकों के लिए आरक्षित किए गए हैं

रक्षा मंत्री ने बताया कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन पांच सौ ऑक्सीजन संयंत्र तैयार कर रहा है रक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि वायुसेना और नौसेना विदेशों से ऑक्सींजन लाने में लगी हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची स्थित रिम्स में आज पांच सौ अठाइस बेड वाले अस्थायी कोविड सेंटर का ऑनलाइन श्रभारंभ किया

इससे कोरोना सं क्र मितों को राहत मिलेगी मुख्यमंत्री ने बेड की व्यवस्था में जुटे अधिकारियों कर्मचारियों का आभार जताया और कहा कि कोरोना सं क्र मण की दूसरी लहर में जो अफरा तफरी का माहौल था उस काबू पाने में सफलता मिल रही है

उन्होंने उम्मीद जतायी कि जल्द ही स्थिति पर पूरी तरह से काबू पा लिया जायेगा

सिमडेगा जिला मुख्यालय में आज कोरोना मरीजों के ईलाज के लिए प्लाज्मा डोनेशन कैंप आयोजित किया गया उपायुक्त सुशांत गौरव ने शिविर में व्यवस्था की जानकारी ली और लोगों को प्लाज्मा डोनेशन के लिए प्रेरित किया सिविल सर्जन डॉ पीके सिन्हा ने कोरोना मरीजों के ईलाज में प्लाज्मा थेरेपी को कारगर बताते हुए कहा प्लाज्मा डोनेट करनेवाले को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है जबकि इससे कोरोना मरीज की जिंदगी बचाई जा सकती है उन्होंने कहा कि यह अच्छा कार्य है और सभी सक्षम लोगों को यह कार्य करना चाहिए खूंटी जिले के सिविल सर्जन प्रभात कुमार ने जिले में कोरोना सं क्र मण पर नियंत्रण के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करने पर बल लिया है उन्होंने कहा कि जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर है यहां मिनी वेंटिलेशन की भी व्यवस्था की गई है अॉक्सीजेन सपोर्टेड बेड समेत अन्य जरूरी मेडिकल उपकरण भी जिले में उपलब्ध हैं सिविल सर्जन ने बताया कि सभी चिकित्सक पूरी मुस्तैदी के साथ कोविड वार्ड में सेवा दे रहे हैं

बोकारो जिला प्रशासन ने जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ऑक्सीजन सिलिंडर युक्त दस बेड स्थापित करने का निर्णय लिया है इस संबंध में गोमिया स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी डॉ हलन बारला ने आकाशवाणी को बताया कि संक्रमण को देखते हुए जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ऑक्सीजन सिलिंडर युक्त दस बेड लगाये जायेंगे और यह काम लगभग तीन से चार दिनों में हो जायेगा उन्होंने बताया कि गोमिया स्थित केंद्र में ऑक्सीजन सिलिंडर उपलब्ध है लेकिन रेग्यूलेटर नहीं है जिसके लिए जिला मुख्यालय को पत्र लिख गया है रेग्यूलेटर मिलते ही बेड चालू कर दिया जायेगा वहीं विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने बताया कि गोमिया में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और लोगों को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए बाहर ले जाना पड़ रहा है इसलिए ऐसे मरीजों को तत्काल स्थानीय स्तर पर इलाज देने के लिए प्रसाशन की ओर से यह व्यवस्था की जा रही है धनबाद जिले के उपायुक्त उमा शंकर सिंह ने जिले में अन्य प्रदेशों से आने वाले प्रवासियों को संस्थागत क्वॉरंटाइन सेंटर में रखा जायेगा उपायुक्त ने बताया कि प्राप्त निर्देश के अनुसार प्रवासी मजदूरों को क्वॉरंटाइन सेंटर में रखकर उनकी रैपिड एंटीजन टेस्ट किट के जरिये कोविड की जांच की जाएगी

नेगेटिव मिलने पर उन्हें घर भेजा जाएगा जांच में पॉजिटिव मिलने वाले प्रवासी मजदूरों को इलाज के लिए भर्ती कराया जाएगा

लातेहार जिले के सदर अस्पताल में आइसीयू का निर्माण अंतिम चरण में है उपायुक्त अब् इमरान ने कहा कि आइसीयू के संचालन के लिए सभी प्रखंड के छह छह स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है

अभियान के दौरान के शिक्षा प्रेमियों के लिए पुस्तक संग्रह भी किया जा रहा है समिति के अध्यक्ष हेमसागर प्रधान ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में रुचि रखने वाले शिक्षाविद बुद्धिजीवी सामाजिक कार्यकर्ता एवं समाजसेवियों से संपर्क किया जा रहा है इस अभियान में ग्रामीण युवाओं को लगाया गया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने थियोलॉजिकल कॉलेज के प्राचार्य और गोस्सनर कॉलेज के संस्थापक प्राचार्य तथा एनडब्ल्यूजीइएल चर्च के प्रथम बिशप रहे डॉ निर्मल मिंज के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा और साहित्य के संरक्षण और समृद्ध बनाने के लिए वे सदैव प्रयासरत रहते थे डॉ मिंज का निधन समाज के लिए अप्रणीय क्षति है गिरिडीह जिले में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए जिला प्रशासन की ओर से उठाये कदम से लोगों को परेशानी कम होने लगी है जिले में कई कोषांग काम कर रहे हैं

इस दौरान मेघ गर्जन और कहीं कहीं वजपात भी होने की संभावना है

मौसम विभाग ने यह भी जानकारी दी है कि अगले दो से तीन दिनों में तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना है

इधर आज राजधानी रांची में दोपहर बाद मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश भी हुई जबकि बोकारो और गिरिडीह जिले के कई भागों में आंधी के साथ भारी बारिश हुई जिससे कई पेड़ों की टहनियां टूट गयीं और गिरिडीह बिजली आपूर्ति बाधित भी हो गयी सरायकेला प्रखंड के किता गांव में आंधी तूफान से आम की टहनी गिरने से दो मासूमों की जान चली गई

बच्चे पेड़ के नीचे आम चुन रहे थे

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि बसिया में जमीन विवाद को लेकर घटना को अंजाम दिया गया